आज नई दिल्ली में संवाददाताओंको नीति आयोग की पिछली चार साल की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए श्री अमिताम कांतने कहा कि आयोग ने पोषण अभियान के लिए तकनीकी सहायता इकाई गठित की है और हाल में जलप्रबंधन सूचकांक भी जारी किया है उन्होंने कहा कि अटल टिंकरिंग लैब से नई खोजों को बढ़ावा मिला है

इस अवसर पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीवकुमार ने विश्वास व्यक्त किया कि अगले वर्ष आठ से नौ प्रतिशत विकास दर का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जायेगा उन्होंने यह भी बताया कि हाल के वर्षों में देश का कर आधारबढ़ा है जो एक शुभ संकेत है

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षतावाली पीठ ने सभी राज्यों से पुलिस महानिदेशक या पुलिस आयुक्त की नियुक्ति के लिएवरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नाम केन्द्रीय लोक सेवा आयोग यूपीएससी को भेजने का भी निर्देश दिया है

पीठ ने यह भी कहाकि यह भी ध्यान रखा जाए कि जिस अधिकारी को पूलिस महानिदेशक बनायाजा रहा है उसका पर्याप्त सेवाकाल शेष हो

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा न्यायूर्ति एएम खनविलकर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने तहसीन पूनावाला और तुषार गांधी की याचिकाओं पर सभी संबद्ध पक्षों की दलीलें सुनी सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि गौरक्षा के नाम पर हिंसा की वारदातें नहीं होनी चाहिए और कोई भी समूह कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि यह राज्य सरकारों का दायित्व है कि वे इस तरह की वारदाते अपने यहां न होने दें

उनका अंतिम संस्कार आज दोपहर बाद मेहरानगढ फोर्ट के जसवंत थडा में किया गया

मुख्यमंत्री वसुधरा राजे और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत र्ने उनके निधन पर शोक जताया है

देवस्थान विभाग के शासन सचिव कृष्णकांत पाठक ने बताया कि हर जिले के वरिष्ठजन के निर्धारित कोटे के अनुसार यात्रियों का चयन जिला स्तर पर लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा

जयपुर के अमरूदों के बाग में होने वाली प्रधानमंत्री की सभा को लेकर राज्य सरकार के विभिन्न विभाग दिन रात तैयारियों में जुटे हैं दूसरी ओर सभी जिलों से राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की योजनाओं के लाभान्वितों को प्रधानमंत्री की सभा के लिए जयपुर लाने की तैयारियां चल रही हैं आज सार्वजनिक निर्माण मंत्री युनुस खान और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अरूण चतुर्वेदी ने जनसभा स्थल का दौरा किया उन्होंने जिला प्रशासन पुलिस नगर निगम और विकास प्राधिकरण सहित विभिन्न विमागों को आवश्यक निर्देश दिये

कार्यक्रम में विधायक घनश्याम तिवाड़ी को सर्वसम्मति से प्रदेश अध्यक्ष मनोनित किया गया

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जिन समर्पित कार्यकर्ताओं ने आपातकाल में संघर्ष किया वे आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं और यह भारतीय जनता पार्टी का सीधा विमाजन है

प्रतापगढ जिले का अरनोद कस्बा इस दौरान आज पूरी तरह बंद रहा कई अन्य स्थानों से भी इस घटनाकम के विरोध में प्रदर्शन के समाचार मिले हैं

उदयपुर जिले के डबोक क्षेत्र में एक सरकारी स्कूल के पोषाहार बनाने के दौरान गैस सिलेण्डर फटने से एक महिला कर्मचारी बुरी तरह से झुलस गई जिसे स्थानीय अस्पताल में मर्ती कराया गया है